उन्होंन बेटियों का सम्मान कर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने की बात कही ह आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दीपावली के पर्व पर भारत की लक्ष्मी नामक कार्यक्रम की शुरूआत पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि पूरे देश में इसका भरपूर स्वागत हुआ है

कवियत्री होनम्मा ने अपनी एक कविता में कहा था कि बेटियां हमारा गौरव हैं हम सभी इस दीपावली पर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें यानी भारत की लक्ष्मी का सम्मान हमारी बेटियाँ हमारा गौरव हैं और इन बेटियों के महात्म से ही हमारे समाज की एक मजबूत पहचान है त्योहारों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वो अवसर होता है जब लोगों के जीवन में नई चेतना आती है उन्होंने दोवाली के दौरान लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह किया

उन्होंने विश्व में सबस ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सैनिक न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि स्वच्छ सियाचिन अभियान भी चला रहे हैं

उन्होंने कहा कि पर्व पर्यटन को बढ़ाने में देश के बाहर रहने वाले भारतीयों की अहम भूमिका है

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल में लोगों को एक सूत्र में बांधने और वैचारिक स्तर पर असहमत लोगों के साथ संतुलन बनाकर चलन का दुर्लभ गुण था सरदार पटेल बारीक से बारीक चीजों को भी बहुत गहराई से देखते थे परखते थे

इसके साथ ही वे संगठन कौशल में भी निपूण थे योजनाओं को तैयार करने और रणनीति बनाने में उन्हें महारत हासिल थ्री सरदार साहब की कार्यशैली के विषय में जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो पता चलता है कि उनकी प्लैनिंग कितनी जबरदस्त होती थी

उन्होंने खादी की बिक्री बढ़ाने के लिए भी एक अनूठा कदम उठाया था उन्होंने कहा कि संविधान सभा में सरदार पटेल ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जिससे जाति और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव की कोई गु जाइश नहीं बची श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने देशो रियासतों को एक करने का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को सशक्त बनाने के लिए हमेशा से ही बहुत सक्रिय और सतर्क रहा है ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिए लोग निरंतर अथक प्रयास करते रहे हैं

गुरू नानक का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व् में अनुभव किया जाता है गुरुनानकदेव जी मानते थे कि निस्वार्थ भाव से किए गए सेवा कार्य की कोई कीमत नहीं हो सकती वे छुआ छूत जैसे सामाजिक बुराई के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े रहे श्री गुरुनानक देव जी ने अपना सन्देश दुनिया में दूर दूर तक पहुँचाया वे अपने समय में सबसे अधिक यात्रा करने वालों मेँ से थे

दीपावली पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्रो ने कहा कि इस बार हमें सकारात्मकता को प्रोत्साहित करने और शत्रुता की भावना को समाप्त करने की प्रार्थना के साथ इसके प्रकाश को और फैलाने का प्रयास करना चाहिए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

यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है इस पावन अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है धार्मिक नगरी अयोध्या में दीप पर्व का उल्लास अपने चरम पर है कल जहाँ छोटी दीपावली के दिन तीन दिवसीय दीपोत्सव के दौरान राम की पैडी पर चार लाख दस हजार और अयोध्या के विभिन्न मन्दिरों व अन्य जगहों पर दो लाख एक हजार दीपक प्रज्ज्वलित कर नया विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ वही आज अयोध्यावासी भगवान श्री राम के अयोध्या पहुंचने के उल्लास में डूबे हुए हैं नगर के सभी मन्दिरों को आकर्षक ढंग सजाया गया है और वहां उत्सव जैसा माहौल है और विवरण हमारे प्रतिनिधि से दीपावली पर्व का अयोध्या से धार्मिक और पाराणिक सम्बन्ध हैमाना जाता है कि लंकाधिपति रावण बध और चौदह वर्ष बनवास पूर्ण कर भगवन राम अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने भावविभार होकर दीप जलाये और खुशियाँ मनाई इसी भाव के वशीभूत अयोध्या के संत महंत और गृहस्थों में आज अतिउत्साह देखने को मिल रहा है मंदिरों में उत्सव जैसे माहौल के बीच देवी लक्ष्मी के स्वरूप में सीता माता की पूजा के साथ साथ भगवान् राम और चारों भाइयों की पूजा अर्चना की जा रही है और मंदिरों व घरों के दरवाजे खिडकियाँछज्जे दीपकों से कल छोटी दीपावली से ही जगमगा रहे है एसा लग रहा है जैसे धरती पर दीपकों की बारात उतर आयी है अंधकार मिटाने राजेंद्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या

इस अवसर पर श्रद्वालुओं ने कामदगिरि की परिक्रमा भी की और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से पौराणिक एवं ऐतिहासिक तीर्थ स्थल चित्रकूट में आज दिवाली की अमावस्या पर लाखों श्रद्दालुओं ने मंदाकिनी में डुबकी लगायी स्नान के बाद श्रद्दालुओं ने दीपदान भी किया इसके बाद कामदगिरि की परिक्रमा भी की इस दौरान हर मंदिर व पर्वत में श्रद्वालुओं ने दीपदान कर दीवाली पर्व मनाया दीपावली अमावस्या पर धर्म नगरी चित्रकूट में लगभग पैतीस लाख श्रद्वालु स्नान दान व परिक्रमा के लिए पहुंचे श्रद्वालुओं की सुरक्षा में यूपी और एमपी के चार हजार से अधिक पुलिस कर्मी डटे हुए हैं दीवाली पर चित्रकूट में लगने वाला मेला भी खास है कड़ी सुरक्षा के बीच अब तक मेला बेहद शान्तिपूर्वक तरीके से चल रहा है धनतेरस से शुरू हुए पाँच दिवसीय मेले में लोगों की भीड़ देखने लायक है अजय प्रताप सिंह आकाशवाणी समाचार चित्रकूट कन्नौज में मन्दिरों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में धार्मिक अनुष्ठानों का दौर जारी है वहीं जिले के ऐतिहासिक सिद्ध पीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है वहीं बलरामपुर में दीवाली का ख़ासा उत्साह है लोग इस बार मिटटी के दियों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं ज़िले के तुलसीपुर इलाके में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ मन्दिर पर पन्द्रह हज़ार दीपको को जलाकर दीप का जश्न मनाया जा रहा है

चण्डीगढ़ में हरियाणा राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इन दोनों नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी